राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू गृहमंत्री अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनियां ने टवीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी है इस अवसर पर देशभर में कई कल्याणकोरी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

केन्द्र सरकार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है कार्भिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार की जगह मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करने सहित इसके पैटर्न में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई इरादा नहीं है

श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है शिक्षा विभाग में प्रधानचार्य और प्रधानाध्यापक तबादलों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य हित में किसी का भी बिना आवेदन के तबादला किया जा सकता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि ट्रांसफर आवेदन के लिए लिंक आज से उपलब्ध हो गया है सरकार ने अभी तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर में बारे में आवेदन नहीं मांगे हैं

आज सुबह राहत और बचाव कार्य के दौरान चम्बल नदी से दो और शव मिले हैं वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने खातौली थानाप्रभारी पटवारी ग्राम सेवक और परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि कोटा जिले के खातौली क्षेत्र के गोठड़ा गांव के पास कल एक नाव चम्बल नदी में डूब गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन उन्हें ही समर्पित है जो काम को ही पूजा समझते हैं और जिन्होंने अपने सृजन से समूची मानवता को समृद्ध किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है